केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने संसद द्वारा बनाये गये कृषि कानूनों को गांधी विचारधारा के अन्रूप बताया म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गांधी जयंती के अवसर पर हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरूआत की केन्द्रीय जल शक्ति क्षेत्रों गजेन्द्र शेखावत ने स्व्च्छ भारत प्रस्कार प्रदान किये हरियाणा को गंदगी मुक्त भारत मिशन प्रस्कार मिला

उन्होंने सभी संगठनों से ये अपील की कि वे अपने मुद्दो पर सरकार से बातचीत करें श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले ही किसान संगठनों से उनके संदेह व गलत फहमियां को दूर करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है केन्द्रीय मंत्री ने कांग्रेस के य्वा प्रदर्शनकारियों द्वारा एक ट्रैक्टर को आग लगाये जाने की कड़ी आलोचना करते हये कहा कि जैसे सैनिक के लिए उसके हथियार पूज्य होते है उसी प्रकार एक किसान के लिए उसका ट्रैक्टर तथा एक ट्रैक्टर को जलाकर प्रदर्शनकारियों ने किसानों का अपमान किया है केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने संसद द्वारा हाल ही में बनाये गये कृषि स्धार कानूनों की प्रंशसा करते हुये कहा कि इनमें देश के किसानों का सश्क्त बनाने वाले केन्द्रीय गांधी विचारधारा मौजूद है उन्होंने कहा कि यदि आज महात्मा गांधी होते तो वो किसानों को बिचौलियों की बेडियों से मुक्त करने वाले इन कानूनों का समर्थन करते स्वच्छता के साथ महात्मा गांधी के प्रयोग ख्शहाली की कूंजी विषय पर आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री सिह ने किसानों को आश्वासन दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पाद तथा पश्पालन मार्किट कमेटिया बनी रहेगी और किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं किया जायेगा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नये कानूनों का उद्देश्य किसानों को मंडी से बाहर व्यपार के अतिरिक्त मौके उपलब्ध करवाता है ताकि किसानों को प्रतियोगितात्मक स्थिति में फसलों का अच्छा मूल्य सकें मंत्री ने कहा कि ये किसानों को तय आमदन म्हैया करवाने वाली मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद प्रणाली के अलावा दी गई सह्लियत है उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल का सुजन किया जायेगा जहां किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पादों की खरीद व बिक्री के विकल्प से आज़ादी होगी

कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता उपाय्क्त पंचकूला व अन्य अधिकारी मौजूद रहे म्ख्यमंत्री ने इस अवसर पर मोबाइल जल जांच प्रयोगशाला को भी हरी झंडी दिखा कर रवाना की म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर सभी लोगों को स्वच्छता के लिए आगे आने की जरूरत है म्ख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उसी तरह आज की पीढ़ी को स्वच्छता के लिए लड़ाई लड़नी होगी

ये प्रस्कार विशेषतौर पर स्वच्छ जल तथा स्वच्छता वर्ग में दिये जाते है वर्ज्अल माध्यम से ये प्रस्कार प्रदान करने के मौके पर बोलते हये श्री शेखावत ने कहा कि सरकार देश में ख्ले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बहाल रखने के लिए वचनबद्व है उन्होंने कहा कि जन स्विधाओं वाले स्थानों पर स्वच्छता बनाये रखने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा हरियाणा में आज विभिन्न जिलो से गांधी जयंती मनाने और इस उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा श्रू किये जाने के समाचार मिले है

निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रितपाल सिंह पन्नू ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य जहां रक्तदान के प्रति महिलाओं की उदासीनता को दूर रकना है वहीं स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए उन्हें जागरूक करना है यम्नानगर जिले में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ग्र्जर ने जगाधरी के क्ंडी पार्क में सफाई कर स्वच्छता पखवाड़े का श्भारंभ किया इस मौके पर उन्होंने किसानों से धान की पराली न जलाने की अपील भी की वहीं यम्नानगर के ग्रू नानक खालसा कालेज में गांधी जयंती पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में विधायक घनश्याम अरोड़ा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की फरीदाबाद से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़े की श्रूआत हरियाणा के परिहवन एवं खनन मंत्री मूल चंद शर्मा ने की

इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी किसी एक दल के नहीं अपित् सबके है इसलिए सभी राष्ट्रपिता के स्वच्छता अभियान के सपने को साकार करने में योगदान है उधर भिवानी में कृषि मंत्री जे पी दलाल ने स्वच्छता पखवाड़े की श्रूआत की रोहतक में गांधी जयंती के अवसर पर स्व्च्छता रैली निकाली गई बाद मे बाप् पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने श्रद्वास्मन अर्पित किये सिरसा के अनाज मंडी स्थित गांधी पार्क में एक प्रार्थना सभा का अयोजन किया गया जहां महिलाओं ने गांधी जी के प्रिय भजनों की पुस्तुति दी गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर उन्हें पृष्पांजलि अर्पित की गई कार्यक्रमों में राज्य सूचना आयुक्त भूपेन्द्र धर्मानी भी शामिल हये इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री को भी याद किया गया वहीं करनाल में गांधी जी पर एक आन लाइन वेबीनार का आयोजन भी किया गया फतेहाबाद जिले में विधायक द्ड़ाराम ने शहीदी स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और बाप् व पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री ाके नमन किया इस मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का श्रूआत भी किया गया विधायक दुड़ाराम ने इस अवसर पर फतेहाबद विधानसभा क्षेत्र के गांव बैजलप्र ढाणी गोपाल खासा पठाना में एक करोड़ पचास लाख रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास भी किया

पंचकूला में आज गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा चरखा चौक में महात्मा गांधी और लाल बहाद्र शास्त्री को श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर हरियाणा कांग्रेस की कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता पूर्व उप म्ख्यमंत्री चंद्रमोहन व अन्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे